प्रधानमंत्री ने इस मिशन का शुभारंभ इक्कीस फरवरी दो हजार सोलह को छत्तीसगढ़ के राजनाथगांव जिले में किया था इसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों को विकसित करना है जिनसे समूचे क्षेत्र में चहुंमुखी विकास का रास्ता खुलेगा उद्वाटन समारोह के दौरान फ्र्वानमंत्री ने जोर देकर कहा था कि इस मिशन का श्भारम्भ देश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के लिए किया गया है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 ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्वन मिशन के तहत देश में करीब तीन सौ ग्रामीण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं इन क्लस्टर्स में शहर की समी सुक्धिाए उपलब्ध होंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों को नवाचार पर विशेष बल देना चाहिए उन्होंने कहा कि नवाचार के माध्यम से आज के यूग की कई जटिल समस्याओं से निपटा जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि रिक्षण संस्थानों को ऐसे नवाचारों पर कार्य करना चाहिए जो समाज के लिये उपयोगी हों मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित स्टेडियम के नामकरण और भवनों के लोकार्पण तथा शिलान्यास के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में कूड़ा निस्तारण आज के समय की बड़ी समस्याओं में से एक है उन्होंने कहा कि नवाचार के माध्यम से इस दिशा में उपाय किए जा सकते हैं श्री योगी ने कहा कि काशी में वर्षा जल संचयन का एक बेहतर मॉडल प्रस्तृत किया गया है जिसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रालय के तहत सभी मीडिया इकाइयों को सूचना और प्रसारण टीम के रूप में कार्य करने को कहा है श्री जावड़ेकर आज हैदराबाद में मंत्रालय की दक्षिण क्षेत्र की मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के दो दिन के सम्मेलन को वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे इससे पहले सूचना प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने बदलते समय में विषयवार संचार की आवश्यकता पर जोर दिया इस अवसर पर आकाशवाणी और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने प्रमावी प्रचार अभियानों के लिए सहयोगपूर्वक कार्य करने को कहा कुशीनगर जिले में आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिला रोजगार सहायता अधिकारी अरविन्द कुमार यादव ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियों ने भाग लिया और इसमें छियानवे युवकों का नौकरी के लिए चयन किया गया महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्वा और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जलामिषेक के लिए ब्रह्ममुहूर्त से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुयी है श्रद्वालु बेलपत्र मदार धतूरा और दृश्य व जल से शिवजी का अभिषेक कर रहे हैं मंदिर में श्रद्वाल्ओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलामिषेक किया गोरखपुर के कूज़घाट स्थित झारखंडी शिव मंदिर और गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर में भी ब्रह्ममुहूर्त से ही जलामिषेक के लिए श्रद्वालुओं की भीड़ लगी है अयोध्या में भक्त प्रातकाल से प्राचीन नागेश्वर नाथ क्षीरेश्वर नाथ चन्द्रहरि नागनाथ और लोरेश्वर महादेव मन्दिरों में शिवजी का जलामिषेक कर रहे हैं बलरामपुर के झारखंडी मंदिर राजापुर जंगल में स्थित बाबा जंगली नाथ मंदिर और भारत नेपाल सीमा पर स्थित विभूतिनाथ मंदिर में श्रद्वालु ब्रह्ममुहूर्त से जलामिषेक कर रहे हैं देवरिया के दृथ्येश्वर नाथ मंदिर में भी हजारों भक्तों ने आज भगवान शिव का जलाभिषेक किया

प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में कल रात से रूक रूक कर हो रही बूंदाबांदी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है गोरखपुर वाराणसी चंदौली समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज दिन भर रूक रूककर व्रदाबांदी हुई पीलीमीत में तेज हवाओं और बारिश के कारण गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने के समाचार हैं कौशाम्बी समेत प्रदेश के कुछ स्थानों पर ओले गिरने से भी फसलों को नुकसान पहुंचा है